आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है झुंझुनूं जिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लगातार तीसरी बार पहले स्थान पर स्वाईन फ्लू को देखते हुए प्रदेशभर में चलाया जा रहा है सघन अभियान एनआईए ने आतंकी गतिविधियों के लिये सीकर और जयपुर सहित देश के आठ स्थानों पर मारे छापे अब तक चार लोग गिरफ्तार

इस अवसर पर आज नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है निर्वाचन आयोग यह सम्मेलन चुनावों को समावेशी और सभी को इसके दायरे में लाने के उद्देश्य से कर रहा है सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा के अतिरिक्त बांग्लादेश भूटान कजाख्स्तान मालदीव रूस और श्रीलंका के चुनाव प्रबंधन संगठनों के प्रमुख और अन्य प्रतिनिधि सम्मेलन में भाग ले रहे है इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनावों में बैलेट पैपर से मतदान नहीं होंगे हालांकि ईवीएम और वीवीपैट पर कड़ी नजर रखी जायेगी वे इस बारे में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे उधर कल प्रदेश में भी राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जायेगा मुख्य समारोह हरीशचन्द्र माथुर लोकप्रशासन संस्थान में आयोजित किया जायेगा इस बार के कार्यक्रम का विषय कोई मतदाता ना छटे रखा गया है इस अवसर पर मतदान के प्रति जागरूकता के लिये प्रदर्शनियां लगाई जायेगी साथ ही नये मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र प्रदान किया जायेगा

इस मौके पर अनेक बीएलओ को सम्मानित भी किया जायेगा

वित्त मंत्री अरुण जेटली के अस्वस्थ होने के कारण यह कार्यभार उन्हें सौंपा गया है संभावना है कि रेल मंत्री पीयुष गोयल केन्द्र सरकार का अंतरिम बजट पेश कर सकते है

इस वर्ष का विषय है सुनहरे कल के लिए बालिकाओं का सशक्तीकरण महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इस अवसर पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया है महिला और बाल विकास मंत्री इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी

यह केन्द्रीय योजना है जिसमें जिलास्तर पर शत प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जाती है इस अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे राज्यस्तरीय समारोह पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित किया जायेगा इसमें चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघु शर्मा एक पोस्टर का विमोचन करेंगे इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं और नुक्कड नाटकों के जरिये जनजागरण का काम किया जायेगा बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं अभियान में झुंझुनूं जिले के प्रथम आने पर जिला कलेक्टर रवि जैन को आज पुरस्कृत किया जायेगा झंझनू जिले को यह पुरस्कार लगातार तीसरी बार मिल रहा है

ये टैरिफ नियमों में विसंगतियों को लेकर विरोध प्रकट कर रहे है हालांकि डीटीएच सेवायें बदस्तूर जारी रहेंगी ट्राई के नये टैरिफ नियमों में उपभोक्ता को अपनी पसंद के चैनल चुनने और केवल उनका ही भुगतान करने का विकल्प दिया गया है ट्राई ने यह भी कहा है कि उपमोक्ता सेट टॉप बॉक्स भी अपनी मर्जी से बाजार से खरीद सकता है कई बड़े चैनलों ने इन नियमों को देखते हुए उपभोक्ताओं के लिये नये पैकेज भी प्रस्तुत किये है

यह मन की बात कार्यक्रम इस साल की पहली कड़ी है

एनआईए ने इस सिलसिले में अब तक चार लोगों को गिरफ्तार किया है यह आतंकी गुट लश्कर ए तैयबा का महत्वपूर्ण संगठन है

यह अभियान कल तक संचालित रहेगा

जन स्वास्थ्य निदेशक डॉ वी के माथुर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सर्वेक्षण के दौरान लोगों में लाखों की संख्या में सूचना पेंपलेट्स वितरित किये गये

कल शाम से प्रक्षेपण की गिनती सुचारू रूप से चल रही है यह उपग्रह भारतीय छात्रों द्वारा तैयार किया गया है

इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है प्रदेश के अन्य जिलों में भी गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिये गये है समारोह को मनाये जाने को देखते हुए सभी जगह पर कार्यक्रम के रिहर्सल किये जा रहे है

इस उत्सव में साहित्यिक जगत राजनीतिक जगत और सिनेमा जगत की मशहूर हस्तियों के शिरकत करने की संभावना है

इस मेले में द्रदराज से श्रद्वालुओं की सुविधा के लिये रेलवे ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह चाक चौबंद है

जगह जगह मार्ग में भण्डारे के आयोजन किये जा रहे है

प्रदेश के अनेक स्थानों पर सर्द हवाओं से घने कोहरे की स्थिति बन गई है दौसा बूंदी बीकानेर अलवर धौलपुर और करौली में कई जगह मावठ की ब्रंदाबादी भी हई है कोहरे की वजह से बहरोड़ के पास एक ट्रोला सड़क किनारे खडे एक ट्रक में घुस गया इससे हाईवे पर लम्बा जाम लग गया

कोहरे की वजह से सड़क और रेल यातायात अस्त व्यस्त हो गया है